राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की ग्यारह से चौदह तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आहवान किया है ग्यारह अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती और चौदह अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है ग्यारह अप्रैल ज्योतिबा खूले जी की जन्म जयंती है और चौदह अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती है क्या हम ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पूरा वातावरण क्रियेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलीजब्ल तोगों को वैक्सीनेट करें जीरो वेस से तय करें हम तीन चार नियम जो हैं टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज को भी हमारी वैक्सीनेशन कैपसिटी को बढ़ा देगा श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की है जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हए श्री मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया राज्यों से यूद्व स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि क्छ लोग पहले की तुलना में लापरवाह हो गये हैं और प्रशासन भी सुस्त हो गया है उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उमर रही है उन्होंने राज्यों से कोविड जांच बढ़ाने की अपील की तथा आर टी पी सी आर का लक्ष्य सत्तर प्रतिशत से आगे बढ़ाने की बात कही उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले चाहे अधिक आयें लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए

कुछ जगह से मेरे पास खबर आई मैने वेरीफाइ नहीं किया है

ऐसा है कि बहुत गहरे जाकर कर के सेंपल लिए बिना रियल रेजल्ट मिलता ही नहीं है अगर आपने से ऊपर ऊपर से ले लिया है मुह में थोडा डालकर के जो रिजल्ट आयेगा वह तो निगेटिव आना है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डालकर के सेंपल नहीं लेते हैं पिन राज्यों में यह हो रहा है उसे रोकने के लिए कोशिय कीजिए मेजे पॉजटिव केस बढ़े चिंता मत करिए लेकिन जब पॉजटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया प्रधानमंत्री ने कल ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केन्द्र शासितप्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है अनेक ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक देशभर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए नौ करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय चार करोड़ तीस लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति को देखते हुए पानी विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है केन्द्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल और हर खेत में पानी पहुंचाने के लिये कई योजनाएं शुरू की है उन्होंने कहा कि गिरते हुए भूजल स्तर को देखते हुए बुन्देलखंड में वर्षा जल का संचयन किया जाना अति आवश्यक है राज्यपाल ने जल संसाधन मंत्रालय के कैच द रेन अमियान में लोगों से बढ़ चढ़ कर सहभागिता करने का आह्वान किया राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और सिंचाई के लिये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान शुरू किये गये है उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में जैसे नारे जल संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भातरीय महिलाओं की कृषि कार्यो में महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इस कार्य में पूरा सहयोग करती है राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने का आहवान किया प्रदेश सरकार राज्य में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठा रही है जिसके अन्तर्गत कई जनपदों में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है रात का कर्फ्यू कल से लागू हो गया है गौतमबुद्व नगर जिले में रात दस बजे से सुबह पांच तक कपर्यू रहेगा जो सत्रह अप्रैल तक जारी रहेगा लखनऊ में सोलह अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कपर्यू रहेगा कानपुर जिले में आठ घंटे का कर्फ्यू होगा जो रात दस बजे शुरू होगा और सुबह छह बजे तक रहेगा वाराणसी में कर्फ्यू नौ बजे से शुरू होगा जो एक सप्ताह तक चलेगा प्रयागराज में कर्फ्यू रात दस बजे से शुरू होकर सुबह आठ बजे तक जारी रहेगा बरेली और मेरठ सहित कई अन्य जनपदों में भी रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू की गई है इस बीच लखनऊ में समी शिक्षण संस्थान कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट पन्द्रह अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इससे छूट दी गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमण के आठ हजार चार सौ नब्बे नए मामले सामने आए हैं इनमें से आधे से ज्यादा मामले केवल चार शहरों लखनऊ कानपुर वाराणसी और प्रयागराज से हैं

अब तक क्ल छः लाख छः हजार तिरसठ लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि नौ हजार तीन लोगों की मृत्यु हुई है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है और बुधवार को दो लाख चार हजार आठ सौ अठहत्तर नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल तीन करोड़ इकसठ लाख सैंतालीस हजार तीन सौ चालीस नमूनों की जांच की जा चुकी है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में न्यायालय ने पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है इस सर्वेक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आश्तोष तिवारी ने कल इस संबंध में फैसला सुनाया उन्होंने सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं इससे पहले दो अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था बिजनौर जिले में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में पांच लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए हादसा बिजनौर शहर के सीमावर्ती गांव बक्शीवाला की एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फैक्ट्री में केमिकल और विस्फोटक पदार्थ रखा था जिसमें आग लगने से हादसा हुआ पांचों मृतक फैक्ट्री के मजदूर हैं मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और स्थानीय स्तर पर उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं